उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था जारी रहने का दिया भरोसा

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चौबीस अप्रैल से होगी शुरू

उन्होंने किसानों को फिर से न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था जारी रहने का भरोसा दिया है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल गेह और धान उगाने से अब आगे बढने की बहत आवश्यकता है उन्हॉने कहा कि लोकसभा के साथ साथ केंद्र सरकार किसानों का सम्मान करती है और यही कारण है कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का यह सदन भी और यह सरकार भी आदर करती है और इसीलिये सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी जब यह आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं

बातचीत में किसानों की शंकायें क्या हैं वो द्वंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में कृषि से संबंधित कानून पारित किए जाने के बाद भी कोई भी मंडी बंद नहीं हुई है और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बना हुआ है यह देश देशवासियों के लिये है अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिये है लेकिन हम इंतजार करते हैं अनी भी हम इंतजार करते हैं वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है

कानून लागू होने के बाद ना देश में कोई मंडी बंद हुई है ना कहीं एमएसपी बंद हुआ है इतना ही नहीं एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और यह कानून नये बनने के बाद बढ़ी है श्री मोदी ने आरोप लगाया कि एक सुनियोजित रणनीति के अनुसार जो लोग सदन को बाधित कर रहे हैं उनका झूठ जल्द ही जनता के सामने आ जाएगा उन्होंने किसानों से वार्ता के लिए आगे आने की अपील की ताकि समाधान निकाला जा सके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड बाद की एक नई विश्व व्यवस्था को आकार दिया जा रहा है और यह भारत के लोगों को तय करना है कि वे इस नई व्यवस्था को बनाने का नेतृत्व करना चाहते हैं या नहीं कोरोना के दर्मियान भारत ने जिस प्रकार से अपने आप को संगाला और दुनिया को संगतने में मदद की है एक प्रकार से टर्निंग पाईट है जिस भावनाओं को लेकर जिस संस्कार को लेकर के वेद से विवेकानन्द तक हम पले बढ़े हैं वो है सर्वे भवन्तु सुखिनस ये सर्वे मवन्तु सुखिनरू सर्वे सन्तु निरामया ये कोरोना कालखंड में भारत ने इसको कर के दिखाया है श्री मोदी ने कहा कि भारत अब मूक दर्शक बना नहीं रह सकता है उसे एक मजबूत और शक्तिशाली देश के रूप में उभरना होगा प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि यही वजह है कि भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है नये वर्लड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिये भारत को सशक्त होना पड़ेगा समर्थ होना पड़ेगा और उसका रास्ता है आत्मनिर्मर भारत आज फार्मेसी में हम आत्मनिर्मर हैं

भारत जितना आत्मनिर्मर बनेगा वो जितना साम्थ्यवान होगा मानव जाति के कल्याण के लिये विश्व के कल्याण के लिये एक बहत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा और इसलिये हमारे लिये आवश्यक है कि हम आत्मनिर्मर भारत इस विचार को बल दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के विशेष अवसर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा मिश्न रोजगार संचालित किया जा रहा है इसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में युवा लामान्वित हुए हैं उन्होंने मिशन रोजगार के प्रभावी क्रियान्वयन को आगे भी इसी प्रकार जारी रखने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विमागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि मिशन रोजगार के तहत सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत लोगों की सूची की लगातार समीक्षा की जाये तथा जिन लोगों को रोजगार प्राप्त हो गया है ऐसे लामार्थियों का नाम सुची से हटाकर नये आवेदकों का पंजीकरण किया जाये इससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं तथा बालिकाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलम्बन के उद्देश्य से मिशन शक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है उन्होंने आगामी आठ मार्च को अतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली वर्ष दो हजार इक्कीस की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों की कल घोषणा कर दी गई है

हाईस्कूल की परीक्षा दस मई और इंटरमीडिएट की परीक्षा बारह मई को समाप्त होगी उन्होंने बताया कि हाईस्कूल की परीक्षा में उन्तीस लाख चौरान्नबे हजार तीन सौ बारह परीक्षार्थी पंजीकृत है जबकि इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में छब्बीस लाख नौ हजार पांच सौ एक परीक्षार्थी पंजीकृत है

परीक्षार्थियों को मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा

बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीक्रत छात्र छात्राएं विभाग की वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ उत्तराखंड में चमोली जिले में आपदा स्थल पर कल दिन भर नौसैनिकों सहित विभिन्न बलों के करीब आठ सौ से अधिक कर्मियों की टीम ने बचाव और तलाश अभियान जारी रखा कल दो और शव मिलने से मृतकों की संख्या चौबीस हो गई है हमारे संवाददाता ने बताया कि लगभग एक सौ सत्तर लोग अब भी लापता हैं और उनमें से कृष्ठ लोगों के सुरंग में फंसे होने की आशंका है घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे दल मलबा और बड़े बड़े पत्थरों के बीच सुरंग में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे हालांकि राहत टीम सुरंग में सिर्फ एक सौ बीस मीटर तक ही पहुंच पाई आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल ने कहा कि सुरंग में फंसे कर्मचारियों के एक सौ अस्सी मीटर पर होने की संभावना है और उन्हें उम्मीद है कि बचाव दल उन तक जल्द ही पहुंच जाएगा प्रदेश में आज अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा राज्य में प्रत्येक ग्रूवार और शुक्रवार को कोविड टीकाकरण किया जा रहा है स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण पूर्ण हो जाने पर अग्निम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण शुरू हुआ है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अग्रिम पक्ति के कर्मियों के टीकाकरण के लिए आज कल और अट्ठारह फरवरी की तारीख तय हुई हैं उधर देश में अब तक छियासठ लाख ग्यारह हजार लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले का मुख्य स्नान पर्व मौनी अमास्या आज मनाई जा रही है मौनी अमावस्या पर श्रद्वालु ब्रम्हमुहूर्त से ही संगम के विभिन्न घाटो पर स्नान कर के दान पुण्य कर रहे हैं